इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उप्रायों का शालन करें

कोविड अभियान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में कल से एक विशेष अभियान श्रू किया जाएगा इस अभियान में सभी को मास्क हनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य स्विधाओं पर जोर दिया जाएगा

कल हई एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कोविड से नि टने में समाज को जागरूक बनाने में सभी की भागीदारी स्निश्चित करना जरूरी है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस् तिवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढते मामलों की स्थिति शर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे

इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बातचीत को वर्चअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चर्चा एक नए प्रारू में होगी जिसमें कई दिलचस् विषयों र सवाल होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे और रीक्षाओं के दबाव से नि टने के उ ाय सुझाएंगे जल संचयन रायसेन जिले में जल संरचनाओं के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए जल संचयन अभियान प्रारंभ किया गया है

कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी में ख्ले वाहन से विभिन्न रास्तों से ग्जरते हुए जनता से मास्क हनने दो गज दूरी का ालन करने और टीकाकरण कराने की अ ील कर रहे हैं उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि हम आज एक और अभियान मैं भी कोरोना वालंटियर हूं प्रारंभ कर रहे हैं

वालंटियर अ ने क्षेत्र में मास्क लगाने और वैक्सीनेशन स्थल और चिन्हित अस्पतालों में व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर स्थित नन्दी हॉल प्रवचन हॉल द्वार के क्षेत्र और महाकाल मन्दिर प्रांगण में आवाजाही दर्शनार्थियों के लिये प्रतिबंधित कर दी गई है

वहीं जिले में चार सौ बेड का आइसोलेशन वार्ड फ्ल हो गया है

रायसेन में कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है खंडवा में लोगों से मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अप्रील की गयी है

जल शक्ति अभियान म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन का प्रदेश के सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन स्निश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कल सभी जिलों को निर्देश देते हए कहा है कि प्रधानमंत्री जी के आव्हान प्रर हमें वर्षा जल के संग्रहण के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान कैच दरेन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहाँ भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का शानी इकट्ठा करें छत्तीसगढ अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूऐश बघेल के साथ बस्तर के मंडल म्ख्यालय जगदलप्र प्लिस लाइन में स्रक्षा बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी इससे हले श्री शाह ने जगदलपुर जाकर राज्य की स्थिति की समीक्षा की

मौसम प्रदेश में अप्रैल माह की श्रूआत में ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं मौसम विभाग की मानें तो ता मान में अचानक इतने उछाल की वजह राजस्थान और ग्जरात से आने वाली वह गर्म हवाएं हैं जिन्होंने मध्यप्रदेश की ओर रुख किया है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय श्क्ला ने बताया कि सात अप्रैल से प्रदेश के कुछ जिलों में लू चलने के भी आसार बन सकते हैं

अन्न उत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उ स्थित में खादयान्न का वितरण किया जाएगा